मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो जायेगी इसके लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है

मतगणना के अंत में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की पांच वीवीपैट की पर्चियों का मिलान उस केन्द्र के वोटों के साथ किया जाएगा मतगणना जिला प्रदेश के जिलों में कल होने वाली मतगणना के लिए चाकचौबंद व्यवस्था कर दी गई है रीवा में संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने मतगणना स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश दिये कल शहर के विवेकानंद पार्क और पदमधर पार्क में विशाल स्क्रीन लगाई जाएगी जिस पर परिणाम दिखाए जाएंगे उधर देवास संसदीय क्षेत्र के लिये प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली है इस सीट के तहत आने वाली शाजापुर जिले की तीन विधानसभा सीटों शाजापुर कालापीपल और शुजालपुर की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी खंडवा जिले में मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की स्टेंडिंग कमेटी और मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आज संपन्न हुई

जिले में दो लोकसभा क्षेत्रों शहडोल और खजुराहो सीटों के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी सागर में भी कल सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्कीन पर परिणाम दिखाये जाने की व्यवस्था की गई है

श्योपुर शिवपुरी इंदौर आगरमालवा विदिशा मुरैना सहित सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा भी परिणामों को लेकर दिनभर चुनाव समाचार बुलेटिन पेश किये जाएंगे